धर्मशाला में आज एक बैठक में उन्होंने बताया कि बर्ड पलू की रोकथाम के लिए पौंग बांध के आसपास के क्षेत्रों की पूरी निगरानी सुनिश्चित की जा रही है और त्वरित प्रतिक्रिया दल भी गठित किए गए हैं

उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में कोविड टीकाकरण के पूर्वाभ्यास का भी जायज़ा लिया हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार देश में पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्मूलन करेगी उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं जिससे मामलों में कमी आई है

उन्होंने कहा कि उपचार की बेहतर व्यवस्था से देश में एक करोड़ से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं

इसका उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रोप्लानिंग सहित टीकाकरण अभियान की पूरी योजना का परीक्षण जिलाधिकारी की निगरानी में होगा

किन्नौर जिले में क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ पूह और किल्बा में अभियान चलाया गया कड़ाके की ठण्ड के बावजूद लाहौल स्पीति ज़िला मुख्यालय केलंग में दो स्थानों सहित काज़ा में कोविड वैक्सीन ड्राई रन का आयोजन किया गया

कांग्रे स प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने निकाय चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने सहित पार्टी का मत विभाजन रोकने के लिए सभी नगर निकायों में चुनाव समन्वयक नियुक्त किए हैं हालांकि ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं हो रहे हैं लेकिन इसके बावजूद परोक्ष तौर पर सभी राजनीतिक दलों से जुड़े प्रत्याशी इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं